सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एसटीएफ के दो जवान घायल लोकसभा चुनाव के तहत मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद कल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर का प्रारूप बनना शुरू हो गया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी विधानसभा एनीकट विधानसभा में आज जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेशभर में बनाए गए एनीकट जो जर्जर हो चुके हैं तथा जिनकी गुणवत्ता संदेह के दायरे में हैं ऐसे सभी एनीकटों की जांच की जाएगी आज सदन में विधायक इंदू बंजारे और नारायण चंदेल ने एनीकट का मुद्दा उठाया जवाब में श्री चौबे ने जर्जर एनीकट के मुद्दे पर समीक्षा करने और जांच की बात कही उन्होंने एनीकट के जर्जर होने के मामले को गंभीर बताते हुए मुख्य अभियंता को भेजकर जांच कराने की बात कही विधायक चंदेल ने भी गुणवत्ताविहीन एनीकट और जर्जर एनीकट की शिकायत की श्री चंदेल ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जिसके बाद मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी कहा कि प्रदेश में जितने भी जर्जर एनीकट हैं या जिनके बारिश में ढह जाने की आशंका है उन सभी की जांच कराई जानी चाहिए विधानसभा शिक्षक भर्ती विधानसभा में कल स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने बताया कि ्प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पंद्रह हजार पदों पर नियमित भर्ती की कार्रवाई की जा रही है स्कूल शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों के चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों में नियमित शिक्षक ही रखे जाएंगे उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण से प्राप्त नतीजों के बारे में बताया जाएगा स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि आगामी सत्र से प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं की छात्राओं के लिए जीवन कौशल कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे गौरतलब है कि विधानसभा में डॉक्टर सिंह द्वारा प्रस्तुत कुल पैंतीस हजार चार सौ चौंतीस करोड़ सैंतीस लाख तीस हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई

मिली जानकारी के अनुसार किस्टारम इलाके में तलाशी अभियान पर निकले सुरक्षा बल के संयुक्त दल पर माओवदियों ने घात लगाकर हमला कर दिया इस हमले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के दो जवान घायल हो गए अंतागढ़ टेपकांड छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता द्वारा अंतागढ़ टेपकांड मामले में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई आगामी तिथि के लिए टाल दी है अब अगली सुनवाई चौदह मार्च को होगी गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में गठित एसआईटी और दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है मतदाता सूची सत्यापन आगामी लोकसभा चुनाव के तहत मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद कल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा विशेष पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने नाम विलोपित करने संशोधन जैसे आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है और मतदाता सूची में वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए आमजन और भावी मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं इस संबंध में आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन और सूचना कार्यक्रम चलाया जा रहा है देशभर में चल रहे इस कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को घर बैठे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सूची में सुधरवाने के लिए पहल की गई है कोई भी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं जांच कर सकते हैं इसके अलावा जिन युवाओं ने एक जनवरी दो हजार उन्नीस को अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे भी अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं यदि ऐसे युवाओं का नाम नहीं जुड़ा है तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू की ओर से अपील की गई है कि उल्लेखित वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम अवश्य चेक करें और यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज न हो तो तत्काल आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें उपराष्ट्रपति आकाशवाणी उपराष्ट्रपति वैंकैया नायड् ने कहा है कि दृश्य माध्यमों की अधिकता और उनसे आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से लोग अब श्रव्य माध्यमों की ओर लौट रहे हैं जिसकी वजह से दुनियाभर में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फिर से लोकप्रिय हो रहा है आज आंध्रप्रदेश के नेल्लूर में आकाशवाणी के एफएम केन्द्र का उदघाटन करते हए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोगों को साफ सुथरा मनोरंजन देने के अलावा बेहतर समाचार और घटनाओं की सटीक समीक्षा भी उपलब्ध कराता है

इसके लिए रायपुर के सिविल लाइन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने जरूरी अधोसंरचना पर्याप्त संख्या में मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता के अलावा सभी लोगों को निःशुल्क इलाज मिले ऐसे उपायों पर विचार विमर्श किया गया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी उन्होंने कहा कि जिन शल्य चिकित्सा और बीमारियों के उपचार की सुविधा शासकीय अस्पतालों में नहीं है उसके लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों की सेवाएं भी ली जाएंगी श्री सिंहदेव ने कहा कि लोगों तक तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी शुल्क के पहुंचे इसके लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर के जरिये जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी मुख्यमंत्री नरवा गरूवा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी का प्रबंधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहराई तक जुड़ा है अपने निवास पर प्रदेश लोधी समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में घूमते पशुओं के कारण किसानों को अब एक फसल लेने में भी दिक्कत हो रही है उन्होंने कहा कि यदि पशुओं को बारह महीने एक जगह बांधकर गौठान में रखा जाए और उनके लिए चारा पानी तथा उचित रखरखाव की व्यवस्था कर दी जाए तो इस प्रबंधन से खाद गैस के अलावा दूध और दही का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव है मुख्यमत्री ने कहा कि फसलों को पशुओं से बचाने के लिए बेहतर व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है गृह मंत्रालय सर्वेक्षण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट का गठन किया है जो पूरे देश में पुलिस के बारे में नागरिकों की प्रक्रियाओं का संकलन करेगा यह सर्वेक्षण नेशनल कांउसिल ऑफ अपलाइड एकोनामिक रिसर्च नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा इसका उद्देश्य पुलिस के बारे में जनता की अवधारणाओं का पता लगाना पुलिस द्वारा अपराधों और घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज न करना पुलिस की प्रतिक्रिया और कार्रवाई की समयबद्धता और जिम्मेदारी तथा जवाबदेही नागरिकों की अवधारणा महिला और बच्चों की सुरक्षा के बारे में आंकलन करना है अगले माह से शुरू होने वाला सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ढांचे के आधार पर किया जाएगा इसमें देश के एक सौ तिहत्तर जिलों के एक लाख बीस हजार नागरिकों को शामिल किया जाएगा इस सर्वेक्षण में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और यह नौ महीने में पूरा हो जाएगा राजिम पुन्नी मेला राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित माधी पुन्नी मेला में इन दिनों रंगारंग कार्यक्रमों का दौर चल रहा है प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कलाकार अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह रह हैं स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों को दर्शकों का बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है माधी पुन्नी मेला के तीसरे दिन आज शाम चार बजे से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पुरूषोत्तम मिश्रा द्वारा भजन परमेन्द्र कुमार द्वारा एक शाम शहीदों के नाम और राजिम कन्या स्कूल की छात्राओं द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी

बीते वर्ष उपभोक्ताओं को आठ दशमलव पांच पांच प्रतिशत ब्याज दिया गया था

उन्होंने जिला प्रशासन को घायल लोगों के बेहतर उपचार के लिए निर्देश भी दिया है बेमेतरा में कल से राज्य स्तरीय कृषि मेला शुरू हो रहा है चार दिनों तक चलने वाला यह मेला राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुवा घुरवा और बाड़ी के संरक्षण तथा संवर्धन पर आधारित होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत भाटापारा हथबंद स्टेशनों के बीच स्थित बोड़तरा फाटक मरम्मत कार्य के कारण कल सुबह नौ बजे से चौबीस फरवरी की शाम छह बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा

कोंडागांव के बड़ेकनेरा के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई